प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा की बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत कर सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के लाभ देश के कोने कोने समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे

भाजपा विधायक मदन दिलावर रामलाल शर्मा अशोक लाहौटी निर्मल कुमावत तथा सुभाष पूनिया ने आज विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर के समक्ष यह नोटिस प्रस्तुत किया

दूसरी ओर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भाजपा ने बौखलाहट में यह नोटिस दिया है

गोरतलब है कि राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त और प्रलोभन देने का आरोप लगाया था इसे लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा एसओजी में शिकायत कर जांच की मांग की थी

उन्होंने बताया कि समझौते के तहत रीसू इन सभी सरकारी कॉलेजों से सम्बद्धता शुल्क नहीं लेगा और विद्यार्थी को अलग से एनरोलमेंट कराने की आवश्यकता नहीं होगी रीसू ऐसे विद्यार्थी को विशेष एनरोलमेंट जारी करेगा

उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के विस्तार के मददेनजर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर के तीन थाना इलाकों में कफर्य लगा दिया है

इनमें बिस्तर ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा और सांसद रंजीता कौली ने भी आज भरतपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी

श्री गहलोत ने नवसुजित न्यायालयों में भी नये पद सुजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी हैं

आयोग के आयुक्त पी एस मेहरा की अध्यक्षता में हई बैठक में गृह विभाग ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग स्वायत्त शासन तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में विभागों के अधिकारियों को अलग अलग समय बुलाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके

परिवादी ने ब्यूरो में इसकी शिकायत दी इससे पहले ब्यूरो द्वारा कराए गए सत्यापन में आरोपी द्वारा पहले भी एक लाख रूपए की राशि ली गयी थी आज दो लाख रूपए की रिश्वत लेते ब्यूरो की टीम ने उसे तथा दलाल को ट्रैप कर लिया

इस अवसर पर भरतपुर में किला क्षेत्र में महिलाओं ने रीति रिवाज के साथ नाग की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की ै दौसा में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहन कर पूजा की ओर इस पर्व से जुड़ी कहानियां सुनी

हालांकि आज से बारिश का सिलसिला कमजोर हो गया है